मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के दिए निर्देश बर्डफ्लू की आशंका के चलते कांगड़ा जिला के देहरा ज्वाली फतेहपुर और इंदौरा में मीट मछली और पोल्ट्री उत्पाद बेचने पर रोक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

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने मिलकर वैश्विक महामारी कोरोना का हल खोज निकाला है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका ने देश की सराहना की है प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा उन्होंने कहा कि इससे युवा वैज्ञानिकों की नई पीढी तैयार करने में मदद मिलेगी नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे उन्होंने कहा कि देश के सामने आज नई चुनौतियां और लक्ष्य है उन्होंने कहा कि देश में क्षमता निर्माण उन मानकों और गुणवत्ता पर निर्धारित होगा जिन्हें हम बनाए रखेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सभी परियोजनाओं को समयबद्व प्ररा करना सुनिश्चित करें उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड़ किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं की नियमित रूप से उच्च स्तर पर निगरानी की जा सके और इनके कियान्वयन में अनावश्यक देरी से बचा जा सके मुख्यमंत्री आज शिमला में प्रदेश में कियान्वित की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगभग एक वर्ष खराब हो गया इसलिए कार्य और द्रढ़ता व तेज गति से किए जाने चाहिए ताकि इन्हें निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के कार्य में हो रही अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला का दौरा किया राज्यपाल ने इस दौरान परिसर का अवलोकन किया और इस दुर्लभ विरासत भवन की सराहना की राज्यपाल ने कहा कि ये भवन शिमला के प्राचीन गौरव की याद दिलाता है उन्होंने कहा कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान अतीत वर्तमान और भविष्य का समावेश है जो देश में उच्च अध्ययन के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में स्थापित है डॉक्टर राधा कृष्णन की द्रदर्शिता से वायस रिगल लॉज को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में परिवर्तित करने के फलस्वरूप यह संस्थान शोध कार्य में भारत को लाभान्वित कर रहा है इस बीच मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी व राज्य रेडकॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकर ने आज राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिकन रिसर्च मॉनेटरिंग काउंसलिंग के एक सर्वेक्षण में कोरोना से जंग में दुनिया में सबसे अव्वल व लोकप्रिय राजनेता आंके जाने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की विश्व स्तर पर लगातार बढ़ती लोकप्रियता पर देश को गौरव है उन्होंने ये भी कहा कि नरेन्द्र मोदी के आकामक तरीके से काम करने की शैली के कारण वह दिनों दिन लोकप्रिय हो रहे है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस पंचायत चुनावों में दिख रही अपनी करारी हार से अभी से बौखला गई है इसलिए उसके नेता बेतुकी बयानबाजी कर रहे है कश्यप ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर मजबूर और बौखलाए हुए हैं उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अफसरशाही के बीच अच्छा तालमेल है इस बात से विपक्ष परेशान है शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हिमाचल शिक्षा समिति की प्रांत टोली की बैठक शिमला में प्रांत संयोजक डॉक्टर यादवेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में विद्यालय स्तर पर लागू करने पर चर्चा हुई बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए संयोजक और सह संयोजक चयनित करने पर भी विचार किया गया राकेश शर्मा को समिति का प्रांत प्रचार प्रमुख बनाया गया है पौंगडैम कांगड़ा जिला प्रशासन ने बर्डफ्लू की आशंका के चलते देहरा ज्वाली इंदौरा और फतेहपुर में मीट मछली और पोल्ट्री उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है

उपायुक्त राकेश प्रजापति ने ये जानकारी देते हुए कहा कि पौंग डैम और इससे सटे क्षेत्र में पशुओं के छोड़ने तथा खेतीबाड़ी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है

उन्होंने कहा कि ज्वाली देहरा इंदौरा और फतेहपुर उपमण्डलों के निजी पोल्ट्री संचालक और विक्रेता भी पश् पक्षियों को बाहरी क्षेत्रों में नहीं बेच सकेंगे

अब इन पक्षियों के सैम्पल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं जिनकी शीघ्र रिपोर्ट आएगी मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की उंची चोटियों पर आज सुबह से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है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 बर्फबारी से मनाली केलंग सहित अन्य सभी संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं राज्य के मैदानी व मध्यम व उंचाई वाले क्षेत्रों में आज दिन के अधिकांश समय धूप खिली रही जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी और मैदानी और मध्यम उंचाई वाले कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आसामानी बिजली गिरने की संभावना जताई है

विभाग ने कल राज्य के अधिक उंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है इस अलर्ट को देखते हुए कुल्लू मण्डी और किन्नौर जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को उंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है

प्रदेश में कोरोना से आज दो लोगों की मौत भी हुई

अटल टनल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को इस सुरंग में आकर हुडदंग मचाने वाले पर्यटकों के साथ आकामकता के बजाए कानूनी प्रावधानों के तहत कारवाई करने को कहा है पुलिस महानिदेशक ने आज कुल्लू और लाहौल स्पिति के पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में ये भी कहा है कि सुरंग की सुरक्षा में तैनात जवानों को पर्यटकों से विनम्रता से निपटने का प्रशिक्षण उनकी तैनाती से पहले दिया जाए